साइबर माहिर पवन दुग्गल ने कहा है कि भारत दवारा चीनी एप्पस पर लगाई गई पाबंदी से चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी हरियाणा सरकार ने तालाबंदी हटाने के चौथे चरण में क्छ शर्तो के साथ राज्य में फिल्मों की शूटिंग करने की अन्मति देने का फैसला किया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की संख्या चार ग्रणा बढ़ गई है

जिले में आज कोरोना संक्रमण के कारण दो मरीज़ों की मृत्यु हुई है

करनाल के उपायक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि पिछले दिनों से कोविड मरीज़ों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र बी डी बार्ड यह विशेष कोविड असपताल तैयार किया गया है जिसमें केवल कोविड मरीज़ होंगे जबकि आम मरीज़ों को सिविल अस्पताल में दाखिल किया जायेगा उन्होंने बताया कि कल्पना चावला मेडिकल कालेज मे ओपीडी चलती रहेगी

केन्द्रीय वित्मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा है कि ऋण की वापसी पर दी गई छ्ट के समाप्त होते ही ऋण धारकों की मदद करना अत्यंत जरूरी है

साइबर माहिर पवन द्वग्गल ने कहा है कि भारत दवारा चीनी एप्पस पर लगाई गई पाबंदी से चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी

उन्होंने कहा कि इन एप्पस से कई हजार करोड़ रूपये की कमाई हो रही थी जो अब रूक गई है श्री द्ग्गल ने कहा कि इन एप्पस के माध्यम से भारत से बाहर जा रहा बहत सारा डाटा अब स्रक्षित हो गया है

हरियाणा सरकार ने तालाबंदी हटाने के चौथे चरण में राज्य में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने का फैसला किया है इस सम्बधी आज मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देश जारी किये गये गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हये बताया कि फिल्मों की शूटिंग की अन्मति हेत् आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर लिये जायेंगे और प्रारंभिक स्वीकृति सूचना जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक दवारा की जायेगी जिसके बाद आवेदन श्टिंग के प्रस्तवित स्थानों से सम्बधित जिलों के उपायुक्तों को भैजे जायेंगे जारी दिशा निर्देशों के अन्सार सभी आवेदनों में शूटिंग के स्थान दिनो की गिनती और समय के बारे सारी जानकारी अनिवार्य होगा सम्बधित उपायुक्त प्लिस अधिकारियों के परामर्श से अनुमति देने बारे फैसला करेंगे

सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी और कलाकारों की छोड़कर अन्रू क्रयू सदस्यों के लिए मासक पहनना जरूरी होगा कंटेनमेंट जोन और उसके आस पास के इलाकों में शूटिंग की अन्मति नदी दी जायेगी

भिवानी के विधायक घनश्याम सरार्फ ने बताया कि पूरे क्षेत्र में अभियान के दौरान एक लाख पौधे लगाये जायेंगे और रोपित किये गये पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी गांव वासियों को सौंपी जायेगी उन्होंने बताया कि गांव के प्रत्येक परिवार को पांच पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जायेगी हरियाणा में माता मनसा देवी मंदिर परिसर में खोले गये प्रदेश के पहले संस्कृत महाविदयालय ने आज से विधिवत काम करना शुरू कर दिया है आज महाविदयालय के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में पंचकला के सेक्टर एक स्थित राजकीय स्नातकोतर महाविदयालय की प्राचार्य और जिला अधिकारी डॉ अर्चना मिश्रा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और सरकार का संस्कृत कालेज खोलने का संकल्प पूरा करने के लिए धनयवाद किया इस मौके पर श्री माता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविदयालय की प्राचार्य रीटा ग्रृप्ता ने बताया कि महाविदयालय में नये शिक्षण संत्र के लिए सात सितम्बर से ऑन लाइन दाखिले शुरू किये जा रहे है

मौसम विभाग ने हरियाण में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है

उसके बाद राज्य में मौसम शृष्क रहेगा